पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे नरेन्द्र मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे आज पोलियो रविवार है लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर प्रदेश में पांच वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने पर यह अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है प्रदेश भर में लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और बड़ी संख्या में पोलियो बूथ बनाए गए हैं

इस वर्ष का विषय है साक्षर मतदाता मजबूत लोकतंत्र शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रकिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है वहीं दूसरी ओर सोलन के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी केसी चमन ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में आयोजित किया जायेगा

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है वहीं प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में कल हुए हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कुल्लू और कांगड़ा जिलों में कल रात उंची चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा का समाचार है किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चट्टाने गिरने से पांगी नाला से आगे यातायात बंद है और पूह उपमंडल का अन्य भागों से संपर्क कट गया है जिले की रोपा वैली की अनेक पंचायतों में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है जिसे सुचारू करने के लगातार प्रयास किये जा रहे है रिब्बा गांव में कल ग्लेशियर आने से सेब के बागीचो को नुकसान हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने डॉ राजीव बिंदल के प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनने की खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण की सुर्खी है अध्यक्ष बनते ही बिंदल ने दिया चार सूत्रीय मंत्र

मौसम पर आपका फैसला के शब्द है प्रचंड शीतलहर की चपेट में हिमाचल चोटियों पर बर्फबारी

आपका फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है विधायक निधि के विकास कार्य निश्चित समय में किए जाएं पूरे जेईई मेन सोशल मिडिया से दूरी बना हिमाचल के टॉपर बने सार्थक अमर उजाला की एक खबर है अखबार की एक अन्य खबर है ऑपरेशन से बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत ऊना में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप पौंग झील में पहली बार नैशनल वेटलैंड डे शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल में बड़े फेस्टिवल की मेजबानी पहली फरवरी से शुरू होगा समारोह